मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश की विशालता और विविधता देश के लोगो के लिये प्रेरणा का स्त्रोत है आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विविधता देश के हर व्यक्ति को गर्व से भर देती है उन्होंने हाल ही में दिल्ली के हुनर हाट के दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की विशालता संस्कृति परंपराओं खान पान और भावनाओं की विविधता का दर्पण है हनर हाट में प्रदर्शित पारंपरिक वस्त्र हस्त शिल्प कृतियां कालीन बर्तन बांस और पीतल के उत्पाद और संगीत वाद्य यंत्र समूचे भारत की कला और संस्कृति की अनोखी झलक प्रस्तुत करते है प्रधानमंत्री ने इसरो के युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का भी जिक किया

उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी रूचि के अनुसार किसी शारीरिक और साहसपूर्ण गतिविधि को जरूर चुने ट्रम्प दौरा अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की दो दिवसीय भारत यात्रा कल से शुरू हो रही है श्री ट्रम्प अहमदाबाद आगरा और दिल्ली जायेंगे उनके स्वागत में कल अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े किकेट स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा

एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक आयोजित होने वाले रोड शो और नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है विदेशी शराब ऑनलाइन वाणिज्यक कर मंत्री ब्रजेन्द्र सिंह राठौर ने कहा है कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को विदेशी शराब की बिकी ऑनलाइन नहीं की जाएगी

विदेशी शराब के परिवहन परमिट ऑनलाइन प्रदाय करने का उददेश्य नकली विदेशी शराब की बिकी और उसके अवैध परिवहन की रोकथाम करना है उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की नई शराब नीति को कठघरे में खड़ा करते हुए ट्वीट किया है श्री चौहान ने लिखा है शराब से वर्तमान और भविष्य दोनों बरबाद होते हैं फिर भी प्रदेश सरकार इस विनाश को घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है जिस सरकार पर युवाओं का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है वहीं उनके जीवन में घनघोर अंघेरे का कारण बन रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

इस उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न नदी तटों और घाटों पर श्रद्वालु पितरों की शांति के लिये तर्पण और श्राद्ध कर रहे है होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर बने सेठानी घाट पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्वालु स्नान कर तर्पण और दान कर रहे है हमारे सतना संवाददाता ने बताया कि जिले के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में स्नान कर श्रद्वालुओं ने भगवान मतगजेन्द्रनाथ शिव का जलाभिषेक किया यह अमावस्या हिन्दू वर्ष की अंतिम अमावस्या भी होती है मौसम मौसम में आए अचानक बदलाव से प्रदेश के क्छ जिलों में बारिश होने और ओले गिरने के समाचार मिले है राजधानी भोपाल में हल्के बादल के साथ कोहरा भी छाया रहा

वहीं मंडला में हल्की बारिश के साथ ओले भी गिरे डिडौंरी में भी आज दिन भर बादल छाये रहे

अनूपपुर जिले में कल और आज बारिश हुई और जिले के कई इलाकों मे ओले भी गिरे इस बारिश से गेहूं तिलहन चना और मंसूर की फसलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ गयी है

सीधी जिले में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रशासक नियुक्त किये जाएंगे